तेरह मार्च को अंतिम तिथि छब्बीस को होगी वोटिंग भभूआ में आवरलोडेड ट्रक से अवैध वसूली करते सत्रह पुलिसकर्मी निलंबित

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के प्रयासों के तहत सऊदी अरब ने मुस्लिम श्रद्धालुओं की मक्का यात्रा पर रोक लगा दी है सऊदी अरब के एक अधिकारी ने बताया कि यह कदम एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से उठाया गया है लेकिन मस्जिद के उपरी तल को अभी तक खुला रखा गया है केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पड़ोसी देशों से भारत आने वाले लोगों की जांच की स्थिति की समीक्षा की उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार सहित छह राज्यों के मुख्य सचिवों अतिरिक्त मुख्य सचिवों पुलिस महानिदेशकों और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों के साथ बातचीत की इस दौरान राज्यों ने बताया कि सीमापार करने वाले विभिन्न स्थानों पर चिकित्सकों द्वारा लगातार जांच की जा रही है साथ ही सीमा पर बसे लोगों को ग्राम सभाओं के माध्यम से इस वायरस से बचने के उपायों के बारे में भी बताया जा रहा है गृह सचिव ने सभी अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि चिकित्सकों की चौबीस घंटे ड्यूटी लगाई जाए और जांच किट हमेशा उपलब्ध रहें ताकि आने वालों की शत प्रतिशत स्क्रीनिंग की जा सके सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से कहा है कि वे इस वायरस से घबराएं नहीं और आवश्यक सावधानी बरतें

इसमें पैनिक होकर क्या करें ऐसा नहीं होना चाहिए छोटी छोटी प्रीक्काशंस लेने से सावधानी बरतने से आप इससे दूर रह सकते हैं इसके लिए पहला नियम साफ सुधरे रहें ज्यादा भीड़ में कम जाए लोगों से हाथ न मिलाते हुए नमस्कार करें और अगर सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी होता है तो तुरंत डाक्टर की सलाह लें स्वास्थ्य मंत्रालय में विशेष सचिव संजीव कुमार ने कहा कि देश में अब तक कोविड उन्नीस से कुल तीस लोगों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि नया यात्रा परामर्श जारी किया गया है तथा इटली और दक्षिण कोरिया से भारत आने वाले यात्रियों के पास अपने देश के सक्षम स्वास्थ्य अधिकारियों से निगेटिव जांच प्रमाण पत्र होना आवश्यक है सचिव बाईट जो हमारे वीजा रिस्ट्राक्शंस इन देशों के संबंध में हैं वो तो जारी रहेंगे

राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है और अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के सैंपल जांच के लिये विशेष व्यवस्था की है सैंपल की त्वरित जांच के लिये सभी जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों से जोड़ा जायेगा सभी मेडिकल कॉलेजों में सैंपल जांच कलेक्शन सेंटर बनाया गया है जहां कोई भी संदिग्ध मरीज जांच के लिये रक्त का सैंपल दे सकते हैं कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जांच राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट आरएमआरआई पटना में आज से शुरू हो रही है अब जांच के लिये सैंपल को पुणे नहीं भेजना पड़ेगा इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा है कि राज्य से बाहर खासकर पड़ोसी देश नेपाल से आने वाले अब तक एक लाख बारह हजार लोगों की स्क्रीनिंग की गई है भारत नेपाल सीमा पर उनचास जगहों पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है कोरोना वायरस को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा के बाद उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में एक भी संदिग्ध कोरोना वायरस से संक्रमित होने के लक्षण नहीं पाये गए हैं श्री पाण्डेय ने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार और अलर्ट है प्रदेश में राज्यसभा की पांच सीटों के चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी चुनाव आयोग इस संबंध में आज अधिसूचना जारी करेगा नामांकन की अंतिम तिथि तेरह मार्च है नामांकन पत्रों की जांच सोलह मार्च को होगी नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख अठारह मार्च है आवश्यकता पड़ने पर मतदान छब्बीस मार्च को होगा और मतदान संपन्न होने के एक घंटे बाद मतगणना होगी बिहार के जिन पांच सदस्यों का कार्यकाल आगामी नौ अप्रैल को समाप्त हो रहा है उसमें राज्यसभा के उपसभापति और जदयू सांसद हरिवंश कहकशां प्रवीण और रामनाथ ठाकुर तथा भाजपा के सीपी ठाकुर और आर के सिन्हा शामिल हैं कैमूर के पुलिस अधीक्षक दिल नवाज अहमद ने ओवरलोडेड ट्रक पार कराने के मामले में कुदरा थाना के सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह सहित सत्रह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है निलंबित पुलिसकर्मियों में एक सहायक अवर निरीक्षक तीन सिपाही दस होमगार्ड और दो सैप के जवान शामिल हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक ने जांच के दौरान इन पुलिसकर्मियों को अवैध रूप से ओवरलोडेड ट्रक को पार कराते पकड़ा था इसके बाद इन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश होने की संभावना है पूर्वी उत्तर प्रदेश के सटे जिलों में भारी बारिश हो सकती है मौसम विभाग के अनुसार आफगानिस्तान की सीमा पर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और दक्षिण पाकिस्तान और राजस्थान के आसपास साईक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण जम्मु कश्मीर हिमाचल प्रदेश दिल्ली सहित कई राज्यों में बारिश हुयी जिसका असर बिहार पर पड़ा है उत्तर बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण सीवान सारण गोपालगंज समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है आसमान में बादल छाये रहने के कारण रात के तापमान में दो डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की गयी उधर सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सुबह में जिले के विभिन्न हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश होने से रबी फसल को काफी क्षति हुई है इससे ठंड भी बढ़ गयी है दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के विभिन्न हिस्सों में तेज आँधी के साथ भारी बारिश हुई कई जगहों पर वज्रपात भी हुआ सुपौल जिले की एक अदालत ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में दोषी को सात साल की सजा सुनाई है वहीं जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र में एक वाहन से पुलिस ने लगभग तीन सौ कार्टन विदेशी शराब जब्त की है उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने कहा कि शराबबंदी कानून को सफल बनाने में जन प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने दरभंगा में कहा कि शराब के अवैध करोबार में लगे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक कार्बाइन और एक किलो चरस के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है बिहार के जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेजों से जुडेंगे इसके अलावा अन्य अखबारों ने भी इस खबर को तस्वीरों और तथ्यों के साथ प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है बीस फीसदी तक बढ़ सकता है नियोजित शिक्षकों का वेतन दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है जल्द पूरा करें जमीन का सेटलमेंट सर्वे अस्सी प्रतिशत भूमि विवाद तो इसी से सुलझ जायेंगे प्रभात खबर ने अपनी विशेष खबर का शीर्षक लगाया है अब पटना के कृष्णा घाट से भी रूठी गंगा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है पीएफ पर ब्याज दर घटकर आठ दशमलव पांच प्रतिशत हुयी

तेरह मार्च को अंतिम तिथि छब्बीस को होगी वोटिंग भभूआ में आवरलोडेड ट्रक से अवैध वसूली करते सत्रह पुलिसकर्मी निलंबित